उधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन देने पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठकें हुई कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिल्ली आवास पर हुई एक अहम बैठक में अहमद पर्टेल के सी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खडगे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के राजनैतिक हालात पर चर्चा की बैठक के बाद श्री खडगे ने कहा कि शाम को एक और बैठक में विचार विमर्श के लिए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के फैसले के बाद ही उनकी पार्टी शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बनाने का निर्णय लेगी गौरतलब है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को संख्या बल की जानकारी देने के लिए आज शाम तक का समय दिया है राज्य सामान्य स्थिति अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश मे शांति के चलते आज शिक्षण संस्थानों खुले हैं पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हऐ है

विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चार दिन में तीसरी बार आज जिला मुख्यालय पर सुरक्षाबलों द्वारा फ्लेगमार्च किया गया जिले में बाजार पूरी तरह से खूल गये हैं और स्थिति सामान्य हो गई है उधर पन्ना और खंडवा जिले में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं पन्ना कलेक्टर ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोगों का आभार माना है जबलपुर और शिवपुरी में भी आज आम दिनों की तरह स्कूल कॉलेज खुले हैं शिक्षा दिवस आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती की स्मृति में प्रतिवर्ष ग्यारह नवम्बर को यह दिवस मनाया जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और विलक्षण प्रतिभा के धनी मौलाना अब्ल कलाम आजाद का देश की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान है इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए देशभर के केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात की लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

पटवारी अलंकृत प्रदेश के उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी को फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से अलंकृत किया गया है नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उन्हे सम्मानित किया श्री पटवारी को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनके रचनात्मक कार्य और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया

किकेट तैयारी भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में गुरूवार से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के लिये दोनो टीमे पहंच चुकी हैं कल से इनका अभ्यास सत्र शुरू होगा कल मैच के अंपायर पिच का निरीक्षण करेंगे

मैच के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए मैदान को ढंकने के लिये ब्रिटेन से विशेष कवर बुलाये गये हैं साथ ही सुपर सॉपर मशीनो की व्यवस्था भी की गई है इनकी सहायता से बारिश के बाद दो घंटे में ही मैदान को खेलने योग्य बनाया जा सकेगा